उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भूमि सौदे में मुकदमेबाजी दूर करने के लिए व्यापक कानून बनाने का आह्वान किया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिये आज प्रदेशभर में रन फोर वन दौड का आयोजन किया गया

साथ ही उन्होने सदन में अधिकतम विधायी कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि अगर संसद में अधिक विधायी कार्य होंगे तो यह राज्यों की विधानसभाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने इस तरह की कार्यशालाओं को उपयोगी बताते हये कहा कि इससे कार्यक्शलता में बढोतरी होगी श्री कटारिया ने कहा कि कानून बनाते समय दलगत राजनीति से उपर उठकर सभी की बात को स्वीकार करना चाहिये उन्होने कहा कि विधानसभा समितियों को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाये जिससे विभागों में कार्य की जवाबदेही बनेगी

उन्होने कहा कि नियमों की जानकारी देने के लिहाज से ऐसी कार्यशालायें उपयोगी हैं श्री सिंह ने विधायकों से कहा कि वे सदन में अपनी जवाबदेही निभाते हये लोकहित के मुददों को उठायें

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पूर्नभरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह निर्देश जारी किए गए हैं

मंत्रालय ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की संरचना बनाई जाए अगर ऐसा नहीं है तो विशेष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए

उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही श्री नायडू ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटीकरण की भी जरूरत बताई ताकि बिना किसी रूकावट के हर लेनदेन हो सके उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि केन्द्र और राज्य सरकारों को भूमि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कानून बनाने के लिए एकसाथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करना चाहिए उपराष्ट्रपति ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रक्रियाओं को सरल और उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का अनुरोध भी किया

राज्य के विभिन्न जिलों से भी इस दौड़ की खबरें मिली है धौलपुर बांसवाड़ा सवाईमाधोपुर ब्रंदी और बाड़मेर में बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और पौधरोपण किया जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एस रविन्द्र भट्ट की मौजूदगी में दौड़ की शुरूआत हुई कार्यक्रम में न्यायाधीश अरुण भंसाली विजय विश्नोई पुष्पेन्द्र त्रिवेदी पी के लोहरा विनीत माथुर दिनेश मेहता और न्यायिक अधिकारियों जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया दोड़ के प्रतिभागियों को वन विभाग की ओर से एक पौधा भी दिया गया जयपूर में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की उपस्थिति में दौड़ का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जयंपुर जिले के न्यायिक अधिकारी स्काउड गाईड एनएसएस विद्यार्थी और नागरिकों को पौधे लगाने और पर्योवरण सुरक्षा का संदेश दिया गया

इस दौरान उद्योगों की समस्याओं के निदान और नई तकनीक को लेकर चर्चा की गई

मानसून प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सक्रिय हो गया है मानसून के आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है और जल स्रोतों में पानी की आवक शुरू हो गई है आज चूरू कोटा और अजमेर में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई

भरतपुर में हो रही वर्षा से बयाना के दमदमा बांध में दो स्थानों से रिसाव होने लगा है प्रशासन ने इसे देखते हुए बांध से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है जिला कलेक्टर ने बताया कि बांध की गांवों की तरफ की दीवारें पूरी तरह सुरक्षित है और रिसाव की पूरी निगरानी की जा रही है

इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर तेज हवाये चलने के आसार हैं

भरतपुर के रूदावल क्षेत्र के बरोदा गांव में एक पोखर में नहाते समय ड्बने से दो बच्चों की मौत हो गई टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र के सिसोला गांव में तीन लोगों की करंट लगने से मौत हो गई

जयप्र में आकाशवाणी और एक निजी चिकित्सा संस्थान की ओर से आकाशवाणी कॉलोनी में आज निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया

सभी टीमें अपनी लीग मैच खेल चुकी हैं और सेमीफाइनल के मुकाबले तय हो चुके हैं टूर्नामेन्ट में अब आगे क्या होने के आसार हैं